मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मानवता के प्रति भारत की वचनबद्वता को दोहराता है नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक जनवरी से प्रदेशव्यापी अभियान चलायेगी भाजपा मौसम विभाग ने शीतलहर जारी रहने के मद्देनजर प्रदेश सहित देश के उत्तरी भागों के लिए खतरनाक स्तर की चेतावनी जारी की मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की साठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाट न्यूज ऑन ए आई आर डाट काम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहें हैं सितम्बर उन्नीस सौ पन्द्रह के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गरीब परिवारों की समस्याओं और लकड़ी के चूल्हों के धूंए से उत्पन्न प्रदूषण से बच्चों को होने वाली समस्याओं पर चर्चा की थी श्री मोदी ने इन लोगों की खातिर समृद्व लोगों से रसोई गैस सिलेंडरों पर मिलने वाली सक्सिडी को छोड़ने की अपील की थी एक बार मैंने मन की बात में कहा था गरीब के घर में चूल्हा जलता है बच्चे रोते रहते हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन कानून मानवता के प्रति भारत की उस वचनबद्वता को दोहराता है जिसमें शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा का वचन हमारी भारतीय संस्कृति देती है उन्होंने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है गोरखपुर में कल विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में आगजनी और हिंसा की घटनाए हुई जिन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता उन्होंने उपद्रवी तत्वों को फटकार लगाते हए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना है श्री योगी ने कहा कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनसे ही इस नुकसान की भरपायी की जाएगी अपने संबोधन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के राजकीय जुबली इंटर कालेज में आयोजित कार्यक्रम में एक सौ पचासी करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी फरवरी माह से प्रदेश भर के चार हजार दो सौ से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पी एच र्सी पर आरोग्य मेलों का आयोजन करेगी प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले इन आरोग्य मेलों में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरन्तर कदम उठा रही है

भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत में श्री निशंक ने कहा कि यह कानून समय की मांग के अनुरूप है और हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भोपाल में अटल स्मृति व्याख्यान में मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह बात कही केंद्रीय कषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित अत्यसंख्यकों को न्याय मिलेगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस वामदल और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इस कानून का विरोध कर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कल अयोध्या में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पार्टी एक जनवरी से पांच जनवरी तक अभियान चलायेगी उन्होंने कहा कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक लाख गांवों में पचास लाख परिवारों से सीधा संवाद कर उन्हें नागरिकता कानून और एनपीआर के बारे में वास्तविकता से अवगत करायेंगे पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि छह जनवरी से सोलह जनवरी के बीच राज्य में वरिष्ठ नेतओं की जनसभाए कर कांग्रेस के भ्रामक प्रचार को बेनकाब किया जायेगा उन्होने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है इस कानून का लक्ष्य किसी की नागरिकता छीनना नहीं है

राज्य विधानसभा के वर्ष दो हजार उन्नीस के चौथे सत्र की आगामी बैठक इक्तीस दिसम्बर को आहूत की गई है यह जानकारी विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गयी है इससे पूर्व गत छब्बीस नवम्बर को विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था जो उसी दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था इसके बाद दोबारा सत्रह से उन्नीस दिसम्बर तक सत्र की बैठक आयोजित की गयी थी प्रदेश सहित देश के उत्तरी भाग में शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अनेक स्थानों पर तापमान मौसम के न्यूनतम औसत स्तर से नीचे चला गया है मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित देश के उत्तरी भागों में आज के लिए रेड वॉर्निंग जारी की है जिसका मतलब ठंड से बचाव के लिए लोगों को सावधान करना है प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है बर्फीली हवाएं चलने की वजह से राज्य के अधिकांश संभागों में दिन के तापमान में अत्यधिक गिरावट दर्ज की जा रही है प्रदेश में मुजफ्फरनगर में कल तड़के तापमान एक दशमलव सात डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया गोरखपूर वाराणसी क्शीनगर अयोध्या समेत पूर्वांचल के अधिकांश भागों में कल दिन भर सूरज नहीं निकला और सर्द हवाओं से लोग ठिद्रते रहे मौसम विमाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक ठंड में कोई कमी नहीं आएगी मौसम विभाग ने इकत्तीस दिसंबर से दो जनवरी के बीच बारिश की संभावना जतायी है प्रदेश सरकार ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिये रैनबसेरों और अलाव की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को रैनबसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं